इस समूह में से एक व्यक्ति की तबियत खराब होने के बाद उसे जयपुर के सवाई मानसिह अस्पताल में भर्ती कराया गया इस मरीज का सैंपल जांच के लिए सोमवार को पूना भेजा गया था जो पॉजेटिव पाया गया चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघ् शर्मा ने बताया कि इस मरीज की पत्नी का सैंपल भी कोराना पॉजेटिव पाया गया है

चिकित्सा मंत्री ने बताया कि पर्यटकों के इस दल ने जिन जिन स्थानों पर भ्रमण किया उन सभी स्थनों पर इनके संपर्क में आये व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की जा रही है दो लोगों में कोरोना की पृष्टि के बाद चिकित्सा विमाग ने परे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया है

उन्होंने कहा कि विभिन्न मंत्रालय और राज्य सरकारें भारत पहुंचने वाले यात्रियों की जांच से लेकर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में मिलकर काम कर रही हैं श्री मोदी ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है और मिलकर काम करने और स्वयं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए छोट छोटे लेकिन महत्वपूर्ण पहलूओं पर ध्यान देने की जरूरत है इधर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए एहतियाती उपायो की सूची जारी है इसके तहत लोगों को व्यक्तिगत स्वच्छता का ख्याल रखने और बार बार साबुन से हाथ धोने का परामर्श दिया गया है

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इस महीने की आठ तारीख को मनाया जाएगा

जिनमें भाग लेकर आम लोग अपनी पसंद की सम्पत्तियां उचित कीमत पर पारदर्शी तरीके से खरीद सकते हैं

पत्र सूचना कार्यालय जयपूर के निदेशक प्रेम प्रकाश भारती ने बताया कि इस सम्मेलन में विभिन्न समाचार पत्रों और समाचार चैनलों से जुड़े जालोर जिले के कस्बों और ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकार भाग लेंगे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रसार बढ़ानें ग्रामीण विकास में क्षेत्रीय संवाददाता और अंशकालिक पत्रकारों का सहयोग लेने तथा उनकी क्षमता संवर्धन के उद्देश्य से पत्र सूचना कार्यालय की ओर से देश में विभिन्न स्थानों पर ऐसे सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं

फेस्टिवल के दौरान रंगकर्म के विविध आयामों पर कार्यशाला संवाद और नाट्य प्रशिक्षण का आयोजन भी होगा

बूंदी जिले के तालेडा उपखण्ड में कल देर शाम तेज बौछारे पडी और कुछ जगहों पर ओले भी गिरे